विधायक विक्रमादित्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय मौसम विमाग की आज और कल राज्य में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का तीव्र विकास विषय पर शिमला में आज एक संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार बिजली उत्पादकों को अनेक प्रोत्साहन दे रही है जिससे वे आसानी से प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादक अन्य इच्छुक खरीददारों को बिजली बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जयराम ठाकुर ने कहा कि बिजली परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी देने के लिए प्रकियाओं को सरल बनाने के प्रयास किए जाएंगे और बिजली उत्पादकों की सभी व्यवहारिक मांगों पर सहानुमूतिपूर्वक विचार किया जाएगा इस मौके पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर ने भी विचार व्यक्त किए जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि समाज को मजबूत बनाने में महिलाओं की भूमिका अहम है शिमला में एक निजी मीडिया हाऊस द्वारा आयोजित महिला सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सक्रिय सहयोग और सहमागिता के बिना सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं है और यदि उन्हें अवसर प्रदान किए जाए तो वे प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का सियासी ड्रामा करार दिया है उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की गिरती साख और टूटते जनाधार को बचाने की एक नाकाम कोशिश थी उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के अलावा पूरे देश को ये मालूम था कि अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है अनुराग ठाकुर ने आज एक ब्यान में संसद में झूठ बोलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश से माफी मांगने की मांग की उन्होंने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया

सरवीण चौधरी ने आज ऊना में शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में यह बात कही उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य शहरी निकायों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना है

सरवीण चौधरी ने धर्मशाला व शिमला स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को प्रदेश के लिए मोदी सरकार की प्रमुख देन बताया

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि भारतीय शास्त्रों के तहत विभिन्न जानकारियों की श्रृंखला में ज्योतिष शास्त्र विद्या अहम स्थान है डॉक्टर बिंदल आज शिमला में अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच द्वारा आयोजित ज्योतिष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ज्योतिष विद्या के उपासक शास्त्रों का सही तरीके से अध्ययन कर उसका उपयोग सकारात्मक रूप से करेंगे तो अवश्य ही समाज का कल्याण होगा अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच के अध्यक्ष राजीव गर्ग ने कहा कि मंच का उद्देश्य ज्योतिषसमाज को सही दिशा देना व परस्पर संवाद से समसामायिक बिंदुओं पर चर्चा कर और अधिक ज्ञानवर्धन करना है

उन्होंने डेंगू के मच्छर से बचने के लिए कीटनाशक स्प्रे करने और घर से बाहर पूरे कपड़े पहन कर ही निकलने की लोगों से अपील की है

वीरेन्द्र कंवर आज बंगाणा में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आते ही कुटलैहड़ क्षेत्र में भी विकास कार्यों को गति मिली है उन्होंने ये भी कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है विक्रमादित्य प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिग के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे व कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है

इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक ब्यान में सप्लीमेंटरी चार्ज शीट को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है संदीप कुमार कांगड़ा के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने जिले के कुछ क्षेत्रों में होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों या इनके आसपास हथियार ले जाने पर पाबंदी लगा दी है

कार्यशाला में आपदा जोखिम कम करने खतरे का सामना करने के लिए संसाधनों को तैयार करने और आपदा के समय सूचना प्रौद्योगिकी यंत्रों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई कार्यशाला की अध्यक्षता कार्यकारी उपायुक्त अवनिंद्र कुमार ने की इस बीच रिकांगपिओ में ही आज खाद्य प्रसंस्करण मिशन व मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शिमला जिला इकाई ने नगर निगम शिमला और प्रदेश सरकार पर शिमला शहर में प्रदूषित पानी की आपूर्ति का आरोप लगाया है पार्टी सचिव संजय चौहान ने आज शिमला में कहा कि नगर निगम और सरकार शहरवासियों को पर्याप्त और शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने में पूरी तरह विफल रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार शिमला शहर में पेयजल व्यवस्था के निजीकरण पर उतारू है और पर्याप्त आपूर्ति तथा गुणवत्ता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है पार्टी ने पानी की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए शहर में हर रोज पानी की आपूर्ति करने की मांग की है सेना प्रशिक्षण सेना प्रशिक्षण कमान शिमला की महिला कल्याण समिति ने आरट्रैक प्राइमरी स्कूल में शहर के विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया सेना प्रशिक्षण कमान के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य छोटे बच्चों की पढ़ाई में रूचि पैदा करने के लिए खेल खेल में पढ़ने की पद्वति विकसित करना था

बैडमिंटन शिमला ज़िला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आज शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आरंभ हुई पांच दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ युवा सेवाएं व खेल विभाग के सचिव दिनेश मल्होत्रा ने किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि वर्तमान में विद्यार्थियों में खेलकूद की ओर रूझान बढ़ा है और युवा खेलों को व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं दिनेश मल्होत्रा ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उमरती हुई खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं

मौसम मॉनसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है

अन्य स्थानों में भी व्यापक वर्षा हुई है

मौसम विभाग ने आज और कल मध्यम ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है

इस बीच मौसम विभाग की राज्य में भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है उपायुक्त युनूस ने जिले के लोगों और यहां घूमने आए पर्यटकों को नदी नालों के आसपास न जाने व एहतियात बरतने को कहा है उन्होंने लोगों से भूस्खलन से भी सचेत रहने की अपील की है